राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर उपराष्ट्रपति ने मीडिया के द्रूपयोग पर जताई चिंता राफेल मुद्दे पर अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस से माफी की मांग को लेकर भाजपा ने प्रदेश में किया प्रदर्शन हमारी विशेष श्रृंखला मध्यप्रदेश में महात्मा में आज सुनिये बापू के छिन्दवाड़ा प्रवास के संस्मरण

जल नमूने भोपाल में सप्लाई किया जा रहा पानी गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है

आज केन्द्रीय उपभोक्ता कार्यमंत्री रामविलास पासवान ने यह सूची जारी करते हुए कहा कि भोपाल सहित चंडीगढ़ तिरूअनंतपुरम पटना गुआहाटी बेंगलूरू गांधीनगर लखनऊ जम्मू जयपुर देहरादून चेन्नई और कोलकाता से लिये गये नमूने भी गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये गये हैं कुषि अभियान प्रदेश में खाद बीज और कीटनाशी की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिये सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है

सागर जिले में अवैध उर्वरक भण्डारण पाये जाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई

नमूनों में गड़बड़ी पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी प्रेस दिवस आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है इस अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड ने मीडिया के द्रूपयोग पर चिंता प्रकट की उन्होंने कहा कि आजकल व्यापारिक समूह और राजनीतिक दल भी अपने समाचार पत्र और चैनल शुरू कर रहे हैं इनके माध्यम से वह अपने निहित स्वार्थों और पत्रकारिता के सिद्धांतों के साथ समझौता कर रहे हैं इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फेक न्यूज को पेड न्यूज़ से भी ज्यादा खतरनाक बताया और इससे कुशलतापूर्वक निपटने की जरूरत पर बल दिया एक दिन की प्राचार्य बच्चों में पढ़ाई के प्रति प्रतिस्पर्धा और उत्साह जगाने के लिये खंडवा स्थित शासकीय रायचन्द नागड़ा उत्कृष्ट विद्यालय में एक अनूठा प्रयोग किया है यहां स्कूल की परीक्षाओं में अव्वल आने वाले बच्चों को एक दिन के लिये प्राचार्य बनाया जा रहा है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

भाजपा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहल गांधी से राफेल और चौकीदार से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद माफी मांगने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर आयोजित प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस अपने इस असत्य के लिये देश की जनता से माफी मांगे